केंद्रीय वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने निर्यात और आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगभग सत्तर हजार करोड़ रुपये के नए उपायों की घोषणा की है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार सस्ते और मध्य आय वर्ग की अध्री आवास परियोजनाएं पूरी करने के लिए विशेष व्यवस्था के तहत दस हजार करोड़ रुपये देगी उन्होंने कहा कि इससे देश के लगभग साढ़े तीन लाख परियोजनाओं को फायदा होगा

इसका उद्देश्य वस्तु और सेवा कर में गड़बड़ियों को रोकना है जीएसटी नेटवर्क मंत्री समूह के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बेंगलुरु में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग आधार प्रमाणन नहीं चाहते उन्हें स्वयं जाकर सत्यापन कराना होगा उन्होंने कहा कि जीएसटी नेटवर्क ने इस वर्ष चौबीस सितंबर से एक ही स्रोत से पूरी तरह अॉनलाइन रिफंड व्यवस्था का फैसला किया है

पुलिस ने बताया कि जिले के बुरकापाल इलाके में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का दल सर्चिंग पर निकला था इस दौरान चिंतलनार थाना क्षेत्र के निकट माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया दोनों ओर से हुई गोलीबारी में तीन माओवादी मारे गए जिनका शव भी बरामद कर लिया गया है वहीं मौके से इंसास रायफल के साथ बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं इधर दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने एक लाख रूपये के इनामी सहित चार माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन सभी को अलग अलग थाना क्षेत्रों से पकड़ा गया है वहीं राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे नरकसा के जंगल में हुई मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए हैं महाराष्ट्र की पुलिस ने घटनास्थल से एक महिला सहित दो माओवादियों का शव बरामद किया है उधर बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा एक यात्री बस में आग लगा दी गई बताया जाता है कि यह बस बीजापुर से उसूर के लिए जा रही थी इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है नान घोटाला प्रदेश के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाले मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नान के लेखा अधिकारी चिंतामणि चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है गौरतलब है कि नान मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित होने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने सबसे पहले चिंतामणि चंद्राकर के ठिकानों पर दबिश दी थी इस दौरान टीम ने रायपुर दुर्ग कांकेर और बैंगलोर में छापा मारा था इधर इस मामले के मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट ने प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नान में राशन कार्ड में हुई गड़बड़ियों को उजागर करने की वजह से ही घोटाले का आरोप उन पर लगा दिया गया एक सवाल के जवाब में शिवशंकर भट्ट ने कहा कि साढ़े चार साल तक उनके जेल में रहने की वजह से सच्चाई सामने नहीं आ सकी थी

यह दिवस उन तमाम इंजीनियरों के नाम है जिन्होंने अपनी परिकल्पनाओं को गगनचुंबी इमारतों पुलों और निर्माण के अद्वितीय उदाहरणों में तब्दील कर दिया इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंजीनियरों को बधाई और शुभकामनाए दी हैं अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अभियंता लगन और दृढ़ निश्चय के पर्याय हैं मानवीय प्रगति उनके उत्साहपूर्ण नवाचार के बिना अधूरी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अभियंता दिवस पर इंजीनियरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि किसी भी राष्ट्र और राज्य के निर्माण में इंजीनियरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है गौरतलब है कि भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है रेलवे श्रमदान रेलवे मंगलवार से प्लास्टिक कचरा एकत्र करने का एक व्यापक श्रमदान अभियान शुरू करेगा रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान से स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा इस दौरान सभी रेलवे परिसरों से प्लास्टिक का कचरा एकत्र किया जायेगा और एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल नहीं करने के संबंध में जागरूकता पैदा की जायेगी

एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने बात की वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे ट्राइबल डांस फेस्टिवल जनजातीय और लोक नृत्यों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करने के लिए राजधानी रायपुर में पहली बार नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा साथ ही खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल महोत्सव का आयोजन भी होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल इस संबंध में अपने निवास पर एक बैठक ली इस दौरान उन्होंने बताया कि इस आयोजन में प्रदेश के लोक कलाकार और नर्तक दलों के साथ ही देश के विभिन्न जनजातीय बहुल राज्यों के लोक कलाकार और नर्तक दल हिस्सा लेंगे इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोक नर्तकों को भी आमंत्रित किया जाएगा श्री बघेल ने बताया कि नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल प्रतियोगिता पहले जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी राज्य स्तर पर पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले दलों को पुरस्कार के साथ ही प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी उन्होंने बताया कि नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल प्रतियोगिता का फाइनल आगामी अट्ठाईस और उनतीस दिसंबर को राजधानी रायपुर के साईस कॉलेज मैदान में होगा इसी तरह खेल महोत्सव में प्रदेश के ब्लॉक महाविद्यालय विश्वविद्यालय और जिला स्तर पर कबड्डी खोखो फुगड़ी सहित विभिन्न ग्रामीण खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी इनमें सफल होने वाले खिलाड़ी अगले स्तर की खेल स्पर्धाओं में हिस्सा ले सकेंगे खेल महोत्सव की राज्य स्तरीय स्पर्धाएं रायपुर के विभिन्न खेल मैदानों में संपन्न कराई जाएंगी और समापन कार्यक्रम बारह जनवरी को होगा भाजपा सेवा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के सदस्यों के साथ कल नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सेवा सप्ताह की शुरूआत की ये लोग सफाई कर्मचारियों और अस्पताल में भर्ती बच्चों से भी मिले बीस सितम्बर को समाप्त होने वाले सेवा सप्ताह के दौरान वृक्षारोपण स्वच्छता अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्ति दिलाने जैसे विभिन्न सामाजिक कार्य किए जाएंगे प्रदेश में भी सेवा सप्ताह मनाने के लिए राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कल भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई बैठक में अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर लगाने के साथ ही स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया इस सिलसिले में आज सांसद सुनील सोनी राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपुर के शासकीय अस्पताल मेकाहारा में स्वच्छता अभियान के तहत अस्पताल परिसर में साफ सफाई की रेलवे चिकित्सा पंजीयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलमंडल द्वारा हाल ही में ऑनलाइन चिकित्सा पंजीयन की शुरूआत की गई है इसके तहत मेडिकल चिकित्सा के लिए रेलवे कर्मचारियों को यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड प्रदान किया गया है जिसमें उस कर्मचारी से संबंधित जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी इस कार्ड के माध्यम से रेल कर्मचारी अपने और परिवार का भारतीय रेल के किसी भी चिकित्सालय से इलाज करवा सकेंगे गौरतलब है कि इस प्रक्रिया से रेलवे अस्पताल प्रबंधन को रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में डिजिटलाइजेशन तकनीक का फायदा मिलेगा साथ ही उनका रिकॉर्ड व्यक्तिगत रूप से चेक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी यूनिक नंबर डालते ही उनकी संपूर्ण जानकारी कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाया करेगी

इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया

इस दौरान जन अधिकार यात्रा भी निकाली गई